सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निःसंकोच टीका लगवाएं अट्ठारह से चौवालीस वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखे और अब समाचार विस्तार से

इसके लिए को विन प्लेटफॉर्म तथा आरोग्य सेतु एप पर पंजीकरण कराये जा सकते हैं

केंद्र सरकार के टीकाकरण केंद्रों में स्वास्थ्य कर्मचारी अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण पहले की तरह ही जारी रहेगा प्रदेश में भी अट्ठारह वर्ष से चौवालीस वर्ष तक के लोगों का कोविड टीकाकरण अभियान कल से शुरू हो गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के वीरांगना अवन्तीबाई महिला चिकित्सालय से कोविड टीकाकरण महाभियान के तीसरे चरण का शुभारम्भ किया फिलहाल यह टीकाकरण अभियान राज्य के उन सात जिलों में चलाया जा रहा है जहां नौ हजार से अधिक संक्रमितों का उपचार हो रहा है बाद में यह अभियान अन्य शहरों में भी चलेगा अभी लखनऊ कानपूर प्रयागराज वाराणसी गोरखपूर मेरठ और बरेली में अट्ठारह से चौवालीस वर्ष तक के लोगों को टीका लगाया जाएगा

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पास उन्नायसी लाख से अधिक कोविड टीके अब भी उपलब्ध हैं

राज्य कोविड रोकथाम उपायों के तहत जारी राशि का पचास प्रतिशत इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन और भंडारण संयंत्र लगाना वेंटिलेटर एम्बुलेंस सेवा मजबूत करना कोविड अस्पताल तैयार करना थर्मल स्कैनर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जांच प्रयोगशाला और जांच किट की खरीद शामिल है वित्त मंत्रालय ने इस कोष की पहली किस्त निर्धारित समय से पहले जारी की है सामान्य तौर पर यह राशि जून के महीने में दी जाती है लेकिन सामान्य प्रक्रिया में छूट देते हुए राज्य आपदा कार्रवाई कोष से अग्रिम राशि ही नहीं जारी की गई हैं बल्कि उपयोग प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा किये बिना ही इसे जारी कर दिया गया है

लोग अब डाक कूरियर या ई कॉमर्स पोर्टल के जरिये उपहार श्रेणी के तहत ऑक्सीजन कंसेनट्रेटर का आयात कर सकेंगे

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया है कि पहली बार डिस्वार्ज होने वालों की संख्या नये मामलों से अधिक आई है उन्होंने बताया कि प्रदेश में सर्विलांस तकनीक के चलते संक्रमण की दर घट रही है केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कल रामपुर के उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से वर्चअल माध्यम से कोरोना महामारी के दौरान कोराना पीड़ितों की बढ़ चढ़ कर मदद करने की अपील की है श्री नकवी ने व्यापारियों द्वारा कोरोना से बचाव के प्रति जन जागरूकता लाने मास्क और सैनिटाइजर वितरित किये जाने के कार्यो की प्रशंसा भी की कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप के बीच एक अच्छी खबर आयी है प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड नाइन्टीन से ठीक हुए मरीजों की संख्या संक्रमित हुए व्यक्तियों की संख्या से अधिक है पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के तीस हजार तीन सौ सत्रह नए मामले सामने आए हैं जबकि अड़तीस हजार आठ सौ छब्बीस लोग बीमारी से स्वस्थ हए हैं राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान तीन सौ तीन लोगों की कोविड से मृत्यु हुई है प्रदेश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या तीन लाख एक हजार आठ सौ तैंतीस है इस बीच राज्य में कल एक दिन में दो लाख छियासठ हजार तीन सौ छब्बीस कोविड नमूनों की जांच की गयी इनमें से एक लाख नौ हजार से अधिक जांच आरटी पीसीआर विधि से की गई राज्य में अब तक चार करोड़ दस लाख चौसठ हजार छ सौ इकसठ नमूनों की जांच की जा चुकी है

इस संबंध में समी तैयारियां पूरी कर ली गई है

मतगणना केन्द्रों पर प्रत्याशियों और अभिकर्ताओं की नेगेटिव कोविड रिपोर्ट होने पर ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति होगी मतगणना के परिणाम आने के पश्चात सभी जगहों पर विजय जुलूस प्रतिबंधित रहेगा और किसी को भी जुलूस निकालने की कतई अनुमति नहीं होगी

श्रमिकों के योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिये यह दिवस विश्व भर में मनाया जाता है इसे मई दिवस भी कहते है यह दिन आर्थिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त करने में श्रमिकों के बलिदान के प्रति श्रद्वाजंलि अर्पित करने के लिये मनाया जाता है

टाइगर रिजर्व के उप निदेशक नवीन खंडेलवाल ने बताया कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए हैं टाइगर रिजर्व में पर्यटकों के लिए ऑफलाइन बुकिंग पहले ही बंद कर दी गयी थी लेकिन ऑनलाइन बुकिंग चालू थी अब इसे भी बंद कर दिया गया है श्री खंडेलवाल ने बताया कि इसके साथ ही चूका पिकनिक स्पॉट पर पर्यटकों के ठहरने पर भी रोक रहेगी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस बात पर जोर दिया है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए दवाओं के दुरुपयोग से बचना चाहिए रेमडेसिविर के उपयोग के बारे में डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि यह दवाई डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में ही दी जानी चाहिए उन्होंने लोगों को सलाह दी कि घर में रेमडेसिविर न लें क्योंकि यह हानिकारक हो सकती है भारतीय स्टेट बैंक ने कोरोना महामारी के बीच अपने ग्राहकों को राहत देते हुए कहा है कि वे अब अपने केवाईसी को अद्यतन कराने के लिए उसका विवरण डाक या ई मेल से भेज सकते है इसके लिए उन्हें बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है केन्द्र सरकार ने कोविड महामारी के कारण करदाताओं के लिए कुछ अनुपालन की समयसीमा बढा दी है